राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील की

केन्द्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक मदद देने के लिए राजस्व घाटा अनुदान की दूसरी किस्त जारी की

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

उन्होंने कहा कि सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगाने सहित ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के हर संभव प्रयास कर रही है

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इनमें से एक प्लांट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तैयार करवाएगा

इस बीच ऑक्सीजन की कमी से कोविड मरीजों के परिजनों में घबराहट होने के संबंध में सवाईमानसिंह मैडिकल कॉलेज के प्रोफेसर रमन शर्मा ने बताया कि ऐसे समय में फेफड़ों की एक्रसाईज करना बहुत जरूरी है उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इससे ऑक्सीजन का स्तर सही रखने में मदद मिलेगी

कोरोना संकमण को फैलने से रोकने के लिये प्रदेश में कई स्थानों पर लोगों ने स्वेच्छा से अपने बच्चों के विवाह स्थगित कर दिये हैं इमुंझुनू के चिड़ावा निवासी मोती हिम्मतरामका ने अपनी भतीजी कोमल का विवाह फिलहाल टाल दिया है उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोरोना संकमण की चैन को तोड़ने के लिए आगे आए और अपने यहां होने वाले कार्यक्रमों को अभी के लिये स्थगित कर दें

इस फीचर से वैक्सीन लगवाने वालों की सही जानकारी मिल सकेगी वैक्सीन लगाने के लिये लाभार्थियों को चार अंक का कोड जारी किया जाएगा जो टीकाकरण केन्द्रों में पहुंचने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने वाले कर्मियों को देना होगा तभी टीका लगाया जाएगा इस कोड के माध्यम से ही वैक्सीन लगवाने वाले को सर्टिफिकेट जारी होगा इस बीच पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों से कोविड वैक्सीन के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया है सोशल मीडिया पर टीकाकरण के बारे में फर्जी मोबाइल एप को देखते हुए पीआईबी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है

इधर प्रदेश में आज कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है

अब तक खाद्य विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर साढ़े दस लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है जिससे लगभग एक लाख किसान लाभान्वित हुए हैं

आखिरी जुमे पर घरों में खुशी का माहौल रहा और नमाज के दौरान कोराना गाइड लाइन का पूरा पालन किया गया आखिरी जुम्मे के साथ ही आज से घरों में ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं मौसम विभाग ने भरतपुर धौलपुर और करौली जिलों में आज कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी है इसके अलावा विभाग ने भरतपुर बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है विभाग के निदेशक राघेश्याम शर्मा ने बताया कि सोमवार से एक ओर नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के उपर सकिय होगा